पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी नियुक्ति आदेश जारी किये है वहीं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार निर्वतमान प्रदेश भाजपाध्यक्ष नंद कुमार सिहं चौहान को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है गौरतलब है कि श्री चौहान ने कल प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने की इच्छा व्यक्त की थी इधर नवनियुक्त भाजपाध्यक्ष राकेश सिंह ने अपनी नियुक्ति के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि वर्ष दो हजार अठारह में प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी

श्री सिंह की नियुक्ति को लेकर उनके गृहनगर जबलपुर में जश्न का माहौल है पार्टी नेताओं ने श्री सिंह को अध्यक्ष बनाये जाने पर बधाई दी है

इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और हताहतों के निकटतम परिजनों को दो दो लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार रूपये की सहायता देने की घोषणा की है जिले के बाहरी पुलिस थाना क्षेत्र में अमेलिया के निकट हुई इस दुघर्टना में मिनी ट्रक पुल से नीचे गिर गया

इस अवसर पर प्रदेश में भी कई जगह सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं अक्षय तृतीय के मौके पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लाडो अभियान चलाया जा रहा है महिला बाल विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने के निर्देश दिये हैं महिला सशक्तिकरण विभाग और जिला प्रशासन आम जन से अपील कर रहा है कि बाल विवाह की सूचना त्रंत दें टीकमगढ में प्रशासन के अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह पर नजर रखे हुए है

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी अक्षय तृतीया पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने के लिए निर्देश दिये गये हैं शाजापुर में तीन और हर पुलिस मुख्यालय पर एक टीम को सकिय किया गया है जो इन दिनों होने वाले विवाहों पर नजर रखे हुए है बडवानी में भी प्रशासन बालविवाह को लेकर सतर्क है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा है कि भगवान परशुराम चिरजीवी देव ऋषि हैं वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रदेश की प्रगति की कामना की है आगरमालवा में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है यहां कल युवाओं द्वारा एक वाहन रैली भी निकाली गयी मुरैना में परशुराम मंदिरों में श्रद्वालू भारी संख्या में पहुंच रहे है